प्रदेश में होने वाले इंवेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगेमुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तैयारियों का निरीक्षण किया चंपावत में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा हैकुपोषण से लड़ाई के लिए एकजुट हो रही हैं महिलाएं स्लग पीएम सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में पर्यावरण संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च प्रस्कार चैंपियन्स ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने श्री मोदी को यह पुरस्कार प्रदान किया

यह वार्षिक पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यो के लिए सरकारी सामाजिक और निजी क्षेत्र के विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है सम्मान प्राप्त करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि यह सवा सौ करोड़ देशवासियों का सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्होंने कहा कि यह आदिवासी मछ्आरों और किसानों के प्रति सम्मान है प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सदियों से भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा रहा है उन्होंने कहा कि जलवायु और आपदा से संस्कृति का सीधा रिश्ता रहा है अगर संस्कृति का जोर पर्यावरण पर नहीं हो तो आपदाओं से बचा नहीं जा सकेगा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई न्यायमूर्ति गोगोई ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्र का स्थान लिया है जो कल सेवानिवृत हो गए

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अरूण जेटली तथा कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे स्लग सेब महोत्सव उत्तरकाशी जिले के हर्षिल में आयोजित सेब महोत्सव में स्थानीय बागवानों को सेब के विशेषज्ञों ने बेहतर उत्पादन के गुर बताए साथ ही सेब में लगने वाली बीमारियों और उसके निदान की जानकारी दी गई महोत्सव में विधायक गोपाल सिंह रावत ने कहा कि सरकार किसानों और बागवानों के साथ है

उन्होंने बताया कि किसानों को सब्सिडी देकर आध्निक क्रषि यंत्र वितरित किए जा रहे हैं और दो प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जा रहा है वहीं जिलाधिकारी डा आशीष चौहान ने जनपद में उत्पादित होने वाले सेब रेंड चीफ आर्गन रॉयल डेलिसीएस रेड डेलिसीएस गोल्डन डेलिसीएस सेब की प्रजाति की अच्छी जानकारी दी और इस पर काम करने वाले बागवानों को पुरस्कृत भी किया वहीं जनपद की प्रसिद्ध कत्थक नृत्यगंना श्रीवरणा रावत और गायक रजनीकांत सेमवाल को भी सम्मानित किया गया

नैनीताल सासंद भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि जमरानी बांध परियोजना को जल्द ही केन्द्र सरकार से मंजूरी मिल सकती है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी जमरानी बांध के निर्माण को लेकर बेहद गम्भीर है इसके निर्माण से जुड़ी फाइल मंजूरी के लिए संसद की स्थाई समिति को भेज दी गई है सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने उम्मीद जतायी कि लोकसभा चुनाव से पहले परियोजना को मंजूरी मिलते ही बांध का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जायेगा इसके लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के बीच सिंचाई नहरों और पानी की आपूर्ति के लिए सहमति बन गई है साथ ही केंद्र से सभी विभागों की एनओसी भी ली जा चुकी है जमरानी बांध बनने से नैनीताल ऊधमसिंह नगर सहित तराई के कई जिलों का पानी का संकट खत्म हो जाएगा सिंचाई के साथ साथ पीने का पानी भी उपलब्ध हो सकेगा

देहरादून के रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे समिट के लिए प्रधानमंत्री विशेष विमान से नई दिल्ली से जौलीग्रांट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से स्पोर्ट्स निदेशालय के पास हेलीपैड पहंचेंगे इसके बाद वे रायपुर स्टेडियम पहंचेंगे प्रधानमंत्री सम्मेलन स्थल पर निवेशकों को संबोधित करेंगे प्रमुख सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि इनवेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जरूरी तैयारियां की जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने से लेकर उनकी विदाई में राज्य के कई बड़े नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे

जिसमें सर्वश्री नितिन गडकरी स्मृति ईरानी पीयूष गोयल अरुण जेटली के अलावा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के भी इनवेस्टर्स समिट में शामिल होने की संभावना हैं

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह ने मंगलवार को स्टेडियम में चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि समिट की सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं यहां आने वाले निवेशकों और उद्यमियों के सहयोग और सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं

जापान इजराइल सिंगापोर जैसे देशों से उद्यमी समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य में बड़े निवेशकों और उद्यमियों के आने से फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के रूप में छोटे छोटे स्थानीय उद्योगो और उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा इसके साथ ही स्थानीय उद्यमियों ने भी अपने उद्योगों के विस्तार में रूचि दिखाई है मैदानी क्षेत्रों के अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी निवेश के लिए निवेशक रुचि दिखा रहे हैं अब तक लगभग इकसठ हजार करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हो चुके हैं स्लग पोषण मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत चम्पावत जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना के सफल संचालन के लिए अन्य विभागों के साथ सामंजस्य स्थापित कर पोषण को जन आंदोलन बनाया जा रहा है इसके तहत जिले के सभी विकासखण्डों में रोस्टर के आधार पर जन जागरूकता रैलियों का आयोजन किया जा रहा है

पोषण मिशन के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रमों और इससे होने वाले फायदों से लाभार्थी भी बेहद खुश हैं